भाजपा बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में मंत्रियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने कल संसद पुस्तकालय भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों को भी संसद के प्रति गंभीर होना होगा और संसद में अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जायेगा श्री मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा वे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें प्रधानमंत्री ने कृष्ठ रोग और तपेदिक जैसी बीमारियों की चर्चा करते हुए उनके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया श्री मोदी ने सांसदों से अधिकारियों के साथ मिल बैठकर अपने अपने क्षेत्रों की जन समस्याएं सुनने को भी कहा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अभिनव योजनाएं बनानी चाहिए राज्यपाल नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अनुसूइया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

इस समय वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष हैं इसके साथ ही विश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है

प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने कल भोपाल में राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन संमिति की बैठक में ये निर्देष दिये उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों द्वारा वाहन चलाने के बारे में स्कूल प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया साथ ही स्कूलों में पालक शिक्षक बैठक में पालकों को समझाईश देने को भी कहा बैठक में सड़क सुरक्षा के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया

बैठक में छतरपुर और विदिशा में बन रहे ट्रामा सेन्टर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए

विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिये कई तरह की परीक्षाएँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य बिजनेस इंग्लिश सर्टिफिकेट बीईसी प्रदान करने में सक्षम होंगे उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे लापता बच्चा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल से तीन साल के बच्चे की हत्या पर दुःख जताया है उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से तीन दिन पहले लापता बच्चे का शव कल उसके घर के समीप एक बंद मकान से बरामद किया गया पुलिस सूत्रों के अनुसार चीचली गांव का तीन साल का वरुण रविवार शाम घर के समीप खेलते समय लापता हो गया था पुलिस ने बच्चे का शव बरामद करने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है

इस संबंध में पंचायत राज आयुक्त संदीप यादव ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्व कराधान नहीं वसूला गया है उस स्थिति में भी सरपंचसचिव अथवा क्लस्टर प्रभारी से स्व कराधान न वसूलने का हस्ताक्षरित पत्रक प्राप्त किया जाये

इन युवाओं को देश के गांधी दर्शन से जुड़े संस्थानों की यात्रा कराई जा रही है

मौसम पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई बालाघाट में एक सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसुन ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसुन पश्चिम की ओर बढ़ गया है ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर ग्वालियर भोपाल संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है